उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करवाई जा रही है

इस बीच जयपुर जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है

इस वायरस से अब तक एक हजार छह सौ उन्यासी लोगों की मृत्यु हो चुकी है

श्री कल्ला ने कल बीकानेर में कूछ स्थानों पर कोरोना की जांच बंद होने के संबंध में मिल रही शिकायतों को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से दूरभाष पर बात की

पुलिस मुख्यालय में उनका विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं श्री यादव ने अपना कार्यभार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को सौंप दिया है गौरतलब हैं कि राज्य सरकार ने कल श्री यादव की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दी थी

रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन रेलगाडियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाडियों के किराए के बराबर होगा रेल मंत्रालय का कहना है कि आंचलिक रेलवे इस तरह की रेलगाडियों की समय सारणी को पहले से अधिसूचित करेंगे त्योहार विशेष रेलगाडियों में से कुछ का संचालन रोजाना होगा वहीं कुछ रेलगाडियां सप्ताह में निर्धारित दिनों में चलेंगी